राज्य सभा ने आज कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक दो हजार बीस और कृषक सशक्तीकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार संबंधी दो हजार बीस के विघेयक को विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच मंजूरी दी सदन ने विघेयकों को प्रवर समिति को साँपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है राज्यसभा में विधेयकों के पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विवेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा ये दोनों बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संसद से पारित हये कृषि सुधार विघेयकों का स्वागत करते हये कहा कि यह विघेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्व होंगे उन्होंने कहा कि यह पूर्णरूप से कृषकों के हित में है इससे किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हो सकेगी श्री योगी ने कहा कि इस विवेयक के पारित होने से कृषि उपज के कुशल पारदर्शी और बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा इससे किसानों को बिक्री और खरीद के लिये पसंद की स्वतंत्रता भी प्रात होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिये कृत संकल्पित है और इस उददेश्य को पूरा करने के लिये राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास कर रही है कृषि और किसान कल्याण की दिशा में उनकी सरकार ने अनेक नीतिगत कदम उठाये हैं देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड महामारी के सबसे अधिक बारह लाख छः हजार नमूनों की जांच की गई देश में अब तक कुल छह करोड़ छत्तीस लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक संख्या में जांच करने से रोगियों का जल्द पता लगाने और कारगर उपचार शुरू करके मृत्युदर को निम्न स्तर पर बनाये रखने में मदद मिली है पिछले चौबीस घटों में देशभर में चौरानबे हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं देश में स्वस्थ होने की दर उन्यासी दशमलव छह आठ प्रतिशत हो गई है कुल तैंतालिस लाख से अधिक कोरोना रोगी इलाज के बाद ठीक हुए हैं केन्द्र ने राज्यों में कृषि मंत्रालय की पराली प्रबंधन की मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु ग्णवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्यबल की बैठक में कल यह निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वर्ष में फसल कटाई और सर्दी शुरू होने से पहले किसानों को नई मशीनें उपलब्ध करा दी जायें क्रषि मंत्रालय को इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया प्रदेश में आज हुयी दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मृत्यु हो गयी और एक दर्जन लोग घायल हो गये अयोध्या जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोहावल चौराहे के पास आज सुबह हए एक सड़क हादसे में टेंपो सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए दूर्घटना उस समय हयी जब टेंपो चालक रास्ता भटक कर आगे निकल गया था जिसके बाद वापस आते समय विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने टॅपो को टक्कर मार दी इस हादसे में मौके पर ही तीन लोगों की मृत्यू हो गयी जबकि एक की मौत जिला अस्पताल में हयी पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है उधर सहारनपुर जिले के तीतरो क्षेत्र के झाड़वन गांव के पास आज तड़के हयी एक अन्य सड़क द्र्घटना में चार मजदूरों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये मुजफ्फरनगर के रहने वाले यह मजदूर एक ट्रक पर सवार होकर लुधियाना जा रहे थे तभी पीछे से एक ट्रक के टक्कर मारने से यह दर्घटना हयी घायल मजद्रों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क द्वर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति गहरा शोक व्यक्त व्यक्त किया है उन्होंने घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया है कौशाम्बी जिले के प्रामफ्ती थाना क्षेत्र में आज नहा रहीं तीन लड़कियों की डुबने से मौत हो गयी हमारे कौशाम्बी प्रतिनिधि के अनुसार नुरपुर और कुर्र गांव की छः लडकियां गंगा नदी में नहाने के दौरान ड्वने लगीं जिनमें से तीन को गोताखोरों ने बचा लिया बाकी तीन लड़कियों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिये मेज दिया गया है बचायी गयी लड़कियों को इलाज के लिये जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है